प्रदेश विधानमण्डल का बजट सत्र आज से बाईस फरवरी को पेश किया जायेगा बजट

राज्य में कम हो रहा है कोविड नाइन्टीन का संक्रमण पिछले चौबीस घंटे में सड़सठ नए मामले सामने आए

नैसकॉम टैक्नोलॉजी और लीडरशिप फोरम को कल वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जानती है कि अवरोधों से भविष्य का नेतृत्व कभी विकसित नहीं हो सकता श्री मोदी ने बताया कि एक बडे प्रयास के तहत मैपिंग और जिओ स्पेशल डाटा से संबंधित नीतियों को उद्योगों के लिए उदार बनाया गया है श्री मोदी ने कहा कि इससे देश का टेक स्टार्टअप तंत्र सशक्त होगा और आत्मनिर्मर मिशन को और बढावा मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार अपनी नई नीतियों के साथ न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की दिशा में कार्य कर रही है श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति ऐसा ही एक प्रयास है हमारी सरकार भी से भलीभांति जानती है कि बंघनों में भविष्य की लीडरशिप विकसित नहीं हो सकती और इसलिए सरकार द्वारा टेक इंडस्ट्री को अनावश्यक रेगुलेशन्स से बंचनों से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी एक ऐसा ही बड़ा प्रयास था भारत को ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अब बनाने के लिए नेशनल पॉलिसी भी बनाई गई सुधारों का ये सिलसिला कोरोनाकाल में भी जारी रहा इससे नई परिस्थितियों में आपके लिए काम करना आसान हुआ है प्रधानमंत्री ने भारत में दृनिया के लिए विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने की जरूरत पर जोर दिया है श्री मोदी ने स्टार्टअप और नयोन्मेषकों से उत्कृष्टता के वैश्विक मानदंड स्थापित करने वाले उत्पादों को बनाने का अनुरोध किया श्री मोदी ने कहा कि टैक्नोलॉजी से नागरिकों का सशक्तिकरण हुआ है और सरकार के साथ उनका संपर्क स्थापित हुआ है उन्होंने कहा कि लोगों को डिजिटल रूप में सहज जानकारी देने और समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचाने में भी टैक्नोलॉजी प्रभावी रही है कोरोना के दौरान भारत ने जो सॉल्यूशन्म दिए हैं वो आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा हैं और जैसा अभी आप सब साथियों को मुझे सुनने का मौका मिला सीओज ने जो बताया इसमें भी भारत की आईटी इंडस्ट्री ने कमाल करके दिखाया है वेन द चीफ्स वर डाउन यॉर कोर कैप थिग्स रनिंग जब प्ररा देश घर की चार दीवारी में सीमट गया था तब आप घर से ही इंडस्ट्री को स्प्रदली चला रहे थे बीते साल में आंकड़े दुनिया को भले ही चकित करते हो आपकी क्षमताओं को देखते हुए भारत के लोगों को ये बहुत स्वभाविक लगता है श्री मोदी ने कहा कि पहले भारत टीकों के लिए दूसरे देशों पर निर्मर था लेकिन आज दूसरे देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल विधानमण्डल के संयुक्त सत्र को पूर्वान्ह ग्यारह बजे सम्बोधित करेंगी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बाईस फरवरी को आगामी वित्तीय वर्ष के लिये बजट प्रस्तत करेंगे अगले वर्ष होने वाले चुनाव से पूर्व वर्तमान भाजपा सरकार का यह पांचवां और अन्तिम बजट होगा वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा उठाये गये समी प्रश्नों के उत्तर देने के लिये तैयार है उन्होंने विपक्षी दलों से सार्थक बहस की अपील करते हुये कहा कि हर हाल में सदन की गरिमा को बनाये रखा जाए और व्यौरा हमारे संवाददाता से विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बताया कि सत्र के सुचारू प्रबंधन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

थर्मल स्क्रीनिंग के बिना किसी को भी सदन में अनुयति नहीं दी जाएगी मीडिया का प्रवेश तिलक हॉल तक ही सीमित रहेगा

सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विधानसभा अघ्यक्ष द्वारा सर्व दलीय बैठक बुलाई गई और विपक्षी दलों ने बेहतर सहयोग के लिए आश्वासन देते हुए बजट पर विस्तृत चर्चा की माग की नए कृष कानून पर चल रहे गतिरोध और अन्य मृद्यों जैसे कानून व्यवस्था को लेकर विधानमंडल का सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में आज अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का कोविड टीकाकरण किया जायेगा राज्य में प्रत्येक बृहस्पतिवार और श्क्रवार को कोविड टीकाकरण किया जा रहा है स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण पूर्ण हो जाने के बाद अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण शुरू हुआ है अगले माह से पचास वर्ष से अधिक आयू वाले लोगों को कोविड के टीके लगाये जायेंगे देशमर में अब तक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक टीकाकरण किया गया है जल जीवन मिशन ने देश में तीन करोड़ तिरपन लाख ग्रामीण घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान करके नया रिकार्ड बनाया है केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अथक प्रयासों से यह उपलब्धि हासिल हई है दो हजार चौबीस तक हर ग्रामीण परिवार को नल का जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दो हजार उन्नीस में जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि पन्द्रह अगस्त दो हजार उन्नीस को अट्ठारह करोड़ तिरानबे लाख ग्रामीण परिवारों में से केवल सत्रह प्रतिशत के पास पानी के कनेक्शन थे मुख्यमंत्री अभ्यृदय योजना को कारगर ढंग से संचालित करने के लिये दो स्तरीय समिति बनाई गई है एक समिति राज्य स्तरीय और दूसरी समिति मंडलीय स्तर पर कमिश्नर की अध्यक्षता में बनाई गई है समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने अभ्यदय योजना के क्रियान्वयन से संबंधित समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी श्री शास्त्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल इस योजना के तहत अखिल भारतीय सिविल सेवा पीसीएस पीसीएसजे नीट एनडीए और सीडीएस सहित कई परीक्षाओं के प्रतियोगियों को निःशुल्क कोचिंग दी जायेगी उन्होंने बताया कि अम्यूदय योजना के पोर्टल को लामार्थियों के पंजीकरण के लिये दस फरवरी से क्रियाशील कर दिया गया है जिस पर लाभार्थियों द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार कमी आ रही है

उन्होंने कहा कि कोरोना का संक्रमण कम हुआ है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है इसलिये सभी लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करना चाहिये श्री सहगल ने बताया कि सैम्पल जांच की प्रक्रिया जारी है

सरकार कोरोना से बचाव के लिये सभी उपाय कर रही है प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई के तहत बनने वाली सड़के निर्धारित समयावधि में पूरी करने का निर्देश दिया है पीएमजीएसवाई की समीक्षा करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता की नियमित जांच करने के साथ साथ नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया जाये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पी सी एस दो हजार उन्नीस का अंतिम परिणाम कल जारी कर दिया इसमें मथुरा के विशाल सारस्वत प्रथम स्थान पर रहे प्रयागराज के युगांतर त्रिपाठी और लखनऊ की पूनम गौतम को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की अट्ठाईस तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की चौहत्तरवीं कड़ी में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया